संसद सदस्य रमा देवी समिति की अध्यक्ष होंगी ये समिति विधेयक का अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट सौंपेगी समिति ने लोगों और विभिन्न पक्षों से सुझाव टिप्पणियां तथा विचार आमंत्रित करने का निर्णय लिया है इसकी प्रक्रिया लोकसभा की वेबसाइट पर उपलब्ध है

इस दौरान सभी शासकीय विद्यालयों महाविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थाओं में सूर्य नमस्कार का आयोजन किया जायेगा आगरमालवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कलेक्टर संजय कुमार ने संबंधित विभागों को दायित्व सौंपते हुए समय सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिये है उन्होंने जिला स्तर पर सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारियों को उपस्थित रहने को कहा है उधर खंडवा में पुलिस लाइन मैदान में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा जिसमें सूर्य नमस्कार और प्राणायाम की क्रियायें की जायेंगी

सभी नगरीय क्षेत्रों में साफ सफाई की व्यवस्था और इस पर नजर रखने के लिए एसडीएम एवं तहसीलदारों को जिम्मेदारी सौंपी गई है जिला कलेक्टर हर्षिता सिंह ने अधिकारियों को निर्देषित किया है कि स्वच्छता थीम पर आधारित नगरीय क्षेत्रों में रैली एवं दीवार लेखन कर नागरिकों को जागरूक करने का प्रयास किया जाए

इसमें प्रख्यात राजस्थानी लोक गायक मामे खां भजन गायक प्रहलाद टिपाण्या सहित अन्य कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे हीरा नीलाम पन्ना में आज से हीरों की नीलामी शुरू हो गयी है

इस नीलामी में गुजरात सूरत मुम्बई सहित देश के विभिन्न जगहों से हीरा व्यपारियों के आने की संभावनायें है यह नीलामी तीन दिनों तक चलेगी

गुवाहाटी में श्रृंखला का पहला मैच बारिश और गीली पिच के कारण रद्द हो गया था ऐसे में दोनों ही टीम इस मुकाबले को जीतकर बढ़त लेना चाहेगी

स्वर्ण पदकों की संख्या अधीक्षक होने के चलते डिंडौरी पहले स्थान पर रहा समापन समारोह में जिले के प्रभारी मंत्री कमलेश्वर पटेल और विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कांवरे शामिल हुईं मौसम राजधानी भोपाल में आज बादल छाने से तापमान में थोड़ा इजाफा हुआ है उधर रीवा में धूप खिलने से लोगों को ठंड से राहत मिली है हालांकि रात में अभी भी तेज सर्दी का असर महसूस किया जा रहा है शिवपूरी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में कोहरा छटने और धूप निकलने से ठंड कुछ कम हुई है